प्रदेश में बारिश का दौर जारी शहडोल में बाणसागर बांध के गेट खोले गये वहीं मंडला में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित मानसिक स्वास्थ्य स्कूल शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने मंत्रालय में आज शिक्षकों के लिये ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य कोर्स श्रृंखला का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि विश्व के साथ ही देश प्रदेश कोरोना संकटकाल से लम्बे समय जूझ रहा है विद्यार्थियों के मन में अपनी शिक्षा और भविष्य को लेकर चिन्ता होना स्वभाविक है ऐसी विकट परिस्थितियों में भी शिक्षा विभाग बच्चों की पढ़ाई को नियमित बनाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिये कई नवाचार कर रहा है इसी क्रम में शिक्षकों के लिये ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य कोर्स शुरू किया जा रहा है इससे शिक्षक तनाव और चिंता के वातावरण में भी बच्चों का दृष्टिकोण सकारात्मक बनाकर पढ़ाई कराने के साथ साथ उनकी चिंताओं एवं समस्याओं का भी निराकरण हो सकेगा यह कोर्स शिक्षकों को लिये और अधिक सक्षम एवं कौशलयुक्त बनायेगा वहीं श्री परमार ने मंत्रालय ने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के कार्य क्षेत्र और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए विजन डाक्यूमेंट वेबीनार का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि विजन डाक्यूमेंट कार्यशाला आंतरिक मुल्यांकन कर नई शिक्षा नीति के अनुरूप कई बदलाव आत्मसात करने में मार्गेदर्शी साबित होगी ई पोर्टल केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित स्वास्थ्य नाम के ई पोर्टल का उदघाटन किया इसमें भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित तमाम सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई है स्वास्थ्य पोर्टल में देश के विभिन्न भागों के जनजातीय लोगों के इलाज के नए नए तौर तरीकों और उनसे संबंधित मामलों को संकलित किया गया है ताकि लोग एक दूसरे के अनुभवों का फायदा उठा सकें श्री मुंडा ने कहा कि इस पोर्टल की शुरूआत देश की जनजातीय आबादी की सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक पहल है रोजगार अभियान छिंदवाड़ा जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान ग्रामीण कामगारों के लिए वरदान साबित हो रहा है

इस अभियान के अंतर्गत जहां विकास कार्यों को गति मिल रही है वहीं प्रवासी श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मिलने से जीवान यापन के लिए दूसरे स्थानों पर नहीं जाना पड़ रहा है साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई है

सतना जिले के चित्रकूट में अमावस्या मेला रदद कर दिया गया है

खंडवा जिले में दो लोग पॉजिटिव मिले हैं

नशाग्रस्त लोगों को नशा मुक्ति दिलाने के साथ ही संभावित लोगों को नशे से बचाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न समूहों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है

न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता

श्री जावड़ेकर ने समी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वन मंत्रियों सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हए कहा कि अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉल्फिन और सिंह परियोजना के बारे में घोषणा की थी

मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में रूक रूकर बारिश हो रही है

मंडला जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले ऊफान पर आने से जनजीवन प्रभावित हुआ है वहीं जिले के कई गांवों का संपर्क ट्ट गया है

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव और संदेश देने को कहा है

नमो एप फोरम या माईजीओवी पर भी सुझाव और संदेश भेजे जा सकते हैं